पीएम सिंगापुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन की यात्रा पर आज सुबह सिंगापुर पहुंचे सिंगापुर में वे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन आसियान भारत अनौपचारिक बैठक और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे श्री मोदी आज सुबह फिन्टेक उत्सव को संबोधित करेंगे

इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले वे पहले शासनाध्यक्ष हैं फिन्टेक उत्सव वित्तीय प्रौद्योगिकी पर सबसे बड़े आयोजनों में एक है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर हुई बातचीत की प्रगति की समीक्षा करेंगे

प्रक्षेपण की उलटी गिनती कल दिन में दो बजकर पचास मिनट पर शुरू हुई और यह सुचारू रूप से चल रही है

चुनाव आयोग केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने प्रदेश में चुनावी तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है

निर्वाचन आयोग के उपायुक्त संदीप सक्सेना सुदीप जैन चंद्रभूषण कुमार और डायरेक्टर जनरल दिलीप शर्मा तथा धीरेन्द्र ओझा भी बैठक में शामिल थे बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत ने मुख्य रूप से निर्वाचक नामावली एवं मतदान केन्द्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं ईव्हीएम तथा व्ही व्ही पेट स्वीप अभियान तथा विभिन्न प्रशिक्षण निर्वाचन व्यय निगरानी आदर्श आचरण संहिता का क्रियान्वयन तथा पालन कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधों की जिलेवार समीक्षा की दल ने बैठक के पश्चात इंदौर जिले में बनाये जा रहे आदर्श मतदान केन्द्र के मॉडल का अवलोकन भी किया

केंद्रीय चुनावी दल आज भोपाल में चुनाव व्यय से संबंधित नोडल अधिकारियों तथा प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक करेगा कांग्रेस इस्तीफा बड़वानी के जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष मनेंद्र सिंह बिद्द तथा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजन मंडलोई ने कई सरपंचों जनपद सदस्यों और युवक कांग्रेस तथा एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है मंडलोई विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन से नाराज होकर कल डेढ़ सौ अन्य समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया मुख्य न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश एसके सेठ आज पद और गोपनियता की शपथ लेंगे उच्च न्यायालय के रजिस्टार सतीश चन्द्र ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें आज शपथ दिलायेंगी गौरतलब है कि श्री सेठ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है

इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जायेगी

तोमर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है जबकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कियान्वयन मंत्री डीवी सदानन्द गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का भी कामकाज देखेंगे राष्ट्रपति भवन की कल नई दिल्ली में जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर श्री तोमर को संसदीय कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है तथा श्री गौड़ा को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार का सोमवार तड़के निधन हो गया था वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे बाल दिवस आज बाल दिवस है

पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्दांजली अर्पित करने के लिए प्रदेश में भी विभिन्न आयोजन किये जायेंगे राजधानी भोपाल में भी आज बाल दिवस पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिन का अनुष्ठान आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो रहा है

प्रदेशभर में खासतौर से भोजपुरी समाज के लोग छठ पर्व को श्रद्वाभाव के साथ मनाया जा रहा है राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब सहित अन्य जलाषयों में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जीका वायरस प्रदेश के विभिन्न जिलों में जीका वायरस के रोकथाम के पर्याप्त ऐहतियाती उपाय किये गये हैं जिलों में चिकित्सकों के निर्देशन में सर्वेक्षण दलों का गठन किया गया है और प्रारंभिक लक्षणों वाले व्यक्तियों के खून और पेशाब की जाँच की जा रही है इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाकर जीका वायरस को रोकने के लिये सभी उपाय करने के निर्देश दिये जीका वायरस रोकथाम के लिए भोपाल विदिशा और सीहोर शहरों में विशेष उपाय किये गये हैं लोगों को मच्छरों से बचाव के उपाय करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है साथ ही जिला अस्पतालों में वायरस की जाँच के लिये लैब की सुविधा को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया गया है